प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर

दरभंगा और सीतामढ़ी जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से स्थिति फिर से गंभीर हो गई है बागमती और अधवारा समूह की नदियों का पानी इन दोनों जिलों के शहरी इलाकों में प्रवेश कर गया है प्रदेश में बारह जिलों में बयासी लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए है बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में एक सौ तेईस लोगों की मौत भी हुई है हमारे सीतामढ़ी संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी रून्नी सैदपुर के कटौंझा में खतरे के निशान से पौने तीन मीटर ऊपर बह रही है वहीं ढ़ेंग रेल पुल के पास डुब्बा घाट और चंदौली में भी नदी का जलस्तर लाल निशान के ऊपर बना हुआ है जिले में बाढ़ से बड़े पैमाने पर जानमाल को नुकसान पहुंचा है और सैंतीस लोगों की बाढ़ के कारण मृत्यू हो चुकी है बैरगनिया प्रखंड में कई स्थानों पर सड़कों के बाढ़ में बह जाने से प्रखंड का संपर्क जिला मुख्यालय से भंग हो गया है दरभंगा जिले में बाढ़ प्रभावित सोलह प्रखंडों में बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गये हैं पीड़ित लोग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सतावन के अलावा ऊंचे स्थानों और तटबंधों पर शरण लिये हुए है बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन द्वारा सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है एक लाख अड़तीस हजार से अधिक लोगों को इन सामुदायिक रसोई घरों में भोजन कराया गया है बाढ़ से घिरे क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा और दवा की भी व्यवस्था की गयी है पशु चिकित्सकों की टीम एम्ब्रलेंट्री के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में घूम घूमकर बीमार पशुओं का इलाज कर रही है दरभंगा जिले में अधवारा खिरोई और बागमती नदी का जलस्तर कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है जिले के पूर्वी हिस्से गौराबौड़म घनश्यामपुर किरतपुर और बिरौल प्रखंड में कई स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हुई है हमारे समस्तीपुर संवाददाता ने बताया कि जिलो के बिथान हसनपूर सिंधिया और कल्याणपूर प्रखंडों में बीस से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है भारी बारिश और ब्रूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण समस्तीपुर शहर के धर्मपुर और पेठियागांछी मुहल्ला में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है नदियों के जलस्तर में वृद्धि और बारिश को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती लखनदेई बूढ़ी गंडक और अन्य बरसाती नदियों मनुसमारा जोंका कोयलामन के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है मुसहरी प्रखंड के तटबंध में पानी का रिसाव को रोक दिया गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान जिले में बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गयी कृषि विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग बारह लाख करोड़ रूपये की फसल की क्षति हुई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिणी और मध्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गयी है अररिया के फारबिसगंज में सबसे अधिक आठ सेंटीमीटर जबकि मूजफ्फरपूर के मीनापूर में छह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी अगले चौबीस घंटों के मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है पटना गया भागलपुर और पूर्णियां जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है इधर नालंदा सारण लखीसराय गया समस्तीपुर भोजपुर और अरवल जिले में आज सुबह से कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि बाढ प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति और मदद के लिए केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जायेगा श्री कुमार ने विधान सभा में कहा कि इसे लेकर ज्ञापन तैयार किया जा रहा है केंद्रीय टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आकलन के लिए प्रदेश का दौरा करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में पहुंचना कठिन है वहां हेलिकॉप्टर से भी खाने के पैकेट पहुंचाए गए हैं केंद्र से अतिरिक्त हेलिकॉप्टर की भी मांग की है श्री कुमार कल वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा करेंगे श्री कुमार दक्षिण बिहार के सूखा प्रभावित जिलों की स्थिति को लेकर भी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे आज करगिल विजय दिवस की बीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं उन्नीस सौ निन्यानवे में करगिल से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर उसे दोबारा अपने नियंत्रण में लेने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन विजय आज ही के दिन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के शहीद हुए बहाद्र जवानों को श्रद्धांजलि दी है ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह दिन हमें अपने सैनिकों के साहस वीरता और समर्पण की याद दिलाता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की लोकसभा में भी रक्षामंत्री ने शहीदों को नमन किया बाईट हम सभी देशवासियों को अपनी देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर पूरा यकीन है क्योंकि आज करगिल विजय दिवस है तो मैं उन सारे जवानों को जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए इस भारत को विजय दिलाई है उनकी स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं पटना में करगिल स्मृति स्थल पर आयोजित समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव सहित कई गणमान्य लोगों ने आज करगिल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा पटना मुजफ्फरपुर सहित कई स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किये गये मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया कि शहीदों की याद में पूरे शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गयी

अठाईस जून से शुरू हुई इस सत्र के दौरान दोनों सदनों की इक्कीस बैठकें हुई सत्र के अंतिम दिन विपक्षी सदस्यों द्वारा विधानसभा में प्रदेश में बाढ़ का मुद्दा उठाया गया जिसपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों और उपायों के बारे में सदन को जानकारी दी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने अपने समापन भाषण में सदन के संचालन में सहयोग के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के प्रति अभार जताया बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल फागु चौहान सोमवार उनतीस जुलाई को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे आधिकारिक जानकारी के अनुसार राजभवन में आयोजित समारोह में सुबह साढ़े ग्यारह बजे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नवनियुक्त राज्यपाल को शपथ दिलायेंगे उच्चतम न्यायालय ने भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या के मामले में बिहार सरकार कोन्द्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और कई अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी जवाब देने को कहा है

श्री यादव ने शून्य काल के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बाणसागर से पानी कम छोड़े जाने के कारण भोजपुर रोहतास कैमूर औरंगाबाद बक्सर अरवल गया और पटना जिले में किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है सारण भागलपुर और शेखपुरा जिले में अज्ञात अपराधियों ने आज अलग अलग घटना में व्यवसायियों से लगभग लगभग तेरह लाख रूपये लूट लिये सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया और उससे साढ़े छह लाख रूपये लूट लिये वहीं भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी मोड़ के पास अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से तीन लाख पचपन हजार रुपए लूट लिए शेखपुरा शहर में अपराधियों ने बैंक से रूपये निकालकर ले जा रहे एक व्यवसायी से लगभग तीन लाख रूपये लूट लिये